बारह जिलों के लगभग तीस लाख लोग प्रभावित

बाढ़ के कारण दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर बड़े वाहनों का परिचालन रोका गया

संक्रमण का आंकड़ा तैंतालीस हजार के पार और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आया नया मोड़

राज्य में लगातार बारिश से विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है बारह जिलों के लगभग तीस लाख लोग बाढ़ प्रभावित हुए है दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज सुपौल और चंपारण में स्थिति सबसे खराब है सीतामढ़ी जिले में चौदह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं राज्य की एक सौ दस सड़के बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और अट्ठाईस सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया है पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपूर रेल सेक्शन पर रेल गाडियों का आवागामन लगातार पांच दिन से बंद है रेल मंडल के हायाघाट और थलवाड़ा स्टेशनों के बीच रेल पुल पर पानी आ गया है वहीं मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर यातायात बहाल हो गया है अब तक बाढ़ और ड्रबने की अलग अलग घटनाओं में नब्बे से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है इधर करीब पांच लाख हेक्टेयर जमीन पर खडी फसलें भी बाढ़ से तबाह हो गई हैं भारी वर्षा और बाढ़ से प्रदेश में कृषि क्षेत्र को लगभग दो हजार करोड़ रूपये का नुकसान पहुंचा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि नुकसान का जायजा लेने के बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जायेगा इस बीच बाढ प्रभवित क्षेत्रों में राहत और बचाव के उपाय तेज कर दिए गए हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की छब्बीस टीमें इसमें मदद कर रही हैं अब तक लगभग पौने तीन लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तेईस हजार से अधिक लोग राज्य में छब्बीस राहत शिविरों में रह रहे हैं बाढ़ पीडितों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आठ सौ से अधिक सामूदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं दरभंगा में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है यहां बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में सड़कों और प्रल प्रलियों को व्यापक क्षति पहुंची है जिले में बीस में से चौदह प्रखंड बाढ़ की चपेट में है वहीं लगभग बारह लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं

मुजफ्फरपुर जिले में बागमती ब्रूढ़ी गंडक और लखनदेई नदियों में उफान के कारण तेरह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है

इन जिलों में छह लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं समस्तीपुर में ब्रूढ़ी गंडक और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से पांच प्रखंडों की तीस पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि समस्तीपुर जिले में जटमलपुर पीरा गांव के पास बागमती नदी का पानी आ जाने से समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर आज से बड़े वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है यहां सड़क के ऊपर से तीन फुट पानी बह रहा है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण प्रदेश में विभिन्न नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है केन्द्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार ब्रढ़ी गंडक कमला बलान कोसी महानंदा समेत विभिन्न नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया और सिकंदरपुर समस्तीपुर रोसड़ा और खगड़िया में खतरे के निशान से करीब एक मीटर ऊपर बह रही है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में खतरे के निशान से करीब दो मीटर और मूजफ्फरपूर के बेनीबाद में करीब एक मीटर ऊपर बना हुआ है कमला बलान नदी मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में लाल निशान से ऊपर बह रही है कमला नदी का जलस्तर जयनगर में लाल निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया कोसी नदी का जलस्तर खगड़ियार के बलतारा में खतरे के निशान से डेढ़ मीटर ऊपर बना हुआ है महानंदा नदी का जलस्तर भी किशनगंज के तैयबपुर पूर्णिया के ढ़ेगराघाट और कटिहार के झावा में लगातार बढ़ रहा है इधर गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर पटना मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न स्थानों पर कमी दर्ज की गयी है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर स्थानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने के कारण हल्की से मध्यम वर्षा हुई है वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्से और सीमांचल के क्छ इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि उनतीस तीस और इकतीस जुलाई को नेपाल की तराई से सटे जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है वहीं उत्तर बिहार के कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है

वहीं पूर्णिया के ढ़ेंगरा घाट और मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज में अस्सी मिलीमीटर वर्षा हुई है केन्द्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति को लेकर राज्य के आपदा प्रबंधन और जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखा है श्री सिंह ने राज्य सरकार से बेगूसराय जिले में बाढ़ निरोधात्मक कार्यों में तेजी लाने को कहा है

अभिनेता के पिता ने पटना के राजीवनगर थाना में शनिवार को मामला दर्ज कराया है पटना रेंज के आईजी संजय कुमार ने बताया कि दिवंगत अभिनेता की दोस्त और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है इस संबंध में आगे की छानबीन के लिए पटना पुलिस का चार सदस्यीय दल मुंबई पहुंच गया है सूत्रों ने बताया कि प्राथमिकी में इस बात की चर्चा की गयी है कि इस तरह के हालात बनाये गये कि सुशांत सिंह राजपूत ने मजबूर होकर आत्महत्या की राज्य में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तैंतालीस हजार पांच सौ इक्यानवे हो गयी है आज दो हजार चार सौ अस्सी नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अपडेट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक मामले पटना जिले में आये हैं जिले में चार सौ ग्यारह नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में एक सौ निन्यानवे गया में एक सौ पैंतालीस नालंदा में एक सौ अट्ठाईस और पूर्वी चंपारण में एक सौ चौबीस पॉजिटिव मामले सामने आये हैं विभाग के अनुसार राज्य में कोविड उन्नीस महामारी से अब तक दो सौ उनहत्तर लोगों की मौत हुई है अब तक उनतीस हजार लोग इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं चौदह हजार से अधिक लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है कुल संक्रमित लोगों में से सड़सठ प्रतिशत स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में संक्रमण के मामले में पटना जिला शीर्ष स्थान पर है जिले में लगभग साढ़े सात हजार लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं जबकि इकतालीस लोगों की मृत्यु हुई है वहीं चार हजार चार सौ तीन लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं भागलपुर संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर है यहां अब तक दो हजार तीन सौ पैंतीस संक्रमण के मामले आये हैं भागलपुर में इस महामारी से छब्बीस लोगों की मृत्यु हुई है जबकि सत्रह सौ सत्रह लोग ठीक हो चुके हैं इधर जिला प्रशासन ने पटना के पाटलीपुत्र अशोक होटल में बने आईसोलेशन केन्द्र में ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त पच्चीस बेड की व्यवस्था की है इसके बाद इस केन्द्र में बेड की संख्या बढ़कर डेढ़ सौ हो गयी है देश में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर चौदह लाख तिरासी हजार एक सौ छप्पन हो गयी है अब तक इस महामारी से साढ़े नौ लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि समय से और अत्यधिक सक्रिय उपायों से देश में कोविड उन्नीस महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर घटकर दो दशमलव दो पांच प्रतिशत रह गई है और ज्यादातर रोगी ऐसे हैं जिनमें कोविड के लक्षण नही हैं

बाईट हर्षवर्धन अभी बहुत सारी जो दवाइयां कोविड के लिए इस्तेमाल में ली जा रही हैं रेमडेसिवीर और इस प्रकार की दवाइयां ये भले ही अभी ट्रायल स्टेज में हैं बहुत लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है लेकिन इनके बारे में साथ साथ यह भी बातें उभरकर आ रही हैं कि इनके इस्तेमाल से लीवर के अंदर डिस्टर्बेसीस होते हैं और इसलिए जिनका लीवर ठीक है उनको वो डिस्टर्बेसीस को भी वो टोलरेट कर पा रहे हैं लीवर का महत्व जो है बहुत अच्छे तरीके से आज कोविड के युग में भी बहुत प्रासंगिक हो गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी पर नियंत्रण के लिए जांच बहुत जरूरी है और सभी राज्यों को अपनी जांच क्षमता बढ़ानी चाहिए जांच सुविधा बढ़ाने में भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए डॉक्टर सौम्या ने कहा कि भारत में फिलहाल प्रतिदिन पांच लाख पचास हजार से अधिक जांच की जा रही हैं और इसे बढ़ाकर दस लाख तक किये जाने की योजना है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर देश में बाघों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय रिपोर्ट दो हजार अठारह जारी की नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब सत्तर प्रतिशत भारत में हैं श्री जावडेकर ने कहा कि उन्नीस सौ तिहत्तर में देश में केवल नौ बाघ अभयारण्य थे और अब इनकी संख्या बढकर पचास हो गई है इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के एक मात्र बाघ अभयारण्य वाल्मीकिनगर टाईगर रिजर्व में बाघों की संख्या इकतीस होने का अनुमान है बीते जमाने की अभिनेत्री कुमकुम का आज निधन हो गया वे छियासी वर्ष की थीं उन्होंने सौ से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया कभी आर कभी पार व मेरे महब्रब कयामत होगी जैसे लोकप्रिय गीत उन पर फिल्माए गए थे उनका असली नाम जैबूनिसा था उनकी सबसे यादगार फिल्मों में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे मदर इंडिया कोहिनूर आंखें ललकार और नया दौर हैं उन्होंने उन्नीस सौ तिरसठ में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो में भी अभिनय किया था समस्तीपुर जिले के चकमेहशी थाना अंतर्गत एक नाव के हाईटेंशन तार के चपेट में आ जाने से छह लोग गंभीर रूप से झुलस गये हैं नाव पर सवार लोग बागमती नदी पार कर रहे थे

बारह जिलों के लगभग तीस लाख लोग प्रभावित

बाढ़ के कारण दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर बड़े वाहनों का परिचालन रोका गया

संक्रमण का आंकड़ा तैंतालीस हजार के पार और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आया नया मोड़